स्टार्ट अप छत्तीसगढ़ यात्रा का हुआ शुभारंभ वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाईटेक वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना प्रदेश के सभी जिलों में वाहनों की गति पर रोकथाम के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे स्पीड राडार युक्त वाहन

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की संचार क्रांति योजना का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण जनता को मिलेगा यहां के किसानों और मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा

प्रदेश के लोगों के जीवन में आने वाला परिवर्तन छत्तीसगढ़ के विकास का भी सूत्रधार बनेगा उन्होंने कहा कि यह देश और दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट फोन वितरण योजना है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में अगले चार माह के भीतर कॉलेजों के लगभग चार लाख साठ हजार विद्यार्थियों ग्रामीण क्षेत्रों की चालीस लाख महिलाओं और शहरी क्षेत्रों के पांच लाख गरीब परिवारों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री ने समारोह में कुछ हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप मोबाइल फोन भी भेंट किए

उन्होंने योजना के तहत दिए जा रहे स्मार्ट फोन पर राज्य सरकार की ओर से तैयार एक मोबाइल एप्प गोठ का भी लोकार्पण किया इस एप्प के जरिए लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ किसानों को खेती से जुड़े विषयों पर उपयोगी जानकारी मिलेगी लोग इस एप्प में छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भी देख सकेंगे डॉक्टर सिंह ने समारोह में रायपुर जिले के लिए मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना का भी शुभारंभ किया और प्रतीक स्वरूप क्छ हितग्राहियों को पट्टा सौंप कर श्भकामनाएं दीं योजना के तहत रायपुर जिले में एक लाख और रायपुर शहर में अट्ठारह हजार परिवारों को आबादी पट्टे दिए जाएंगे समारोह को प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी संबोधित किया स्टार्ट अप छत्तीसगढ़ यात्रा वाणिज्य और उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने आज रायपुर में स्टार्ट अप छत्तीसगढ़ यात्रा का श्भारंभ किया श्री अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर योजना के प्रचार प्रसार के लिए विशेष हाईटेक वाहन को जिलों के लिए रवाना किया कार्यक्रम में सुचना प्रौद्योगिकी विभाग और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने कहा कि पिछले चार पांच सालों में आईटी सेक्टर ने तेजी से प्रगर्ति की है उन्होने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में पचास से साठ आईटी उद्योग की यूनिट आ चुकी है और इनमें लगभग छह सौ करोड़ रूपए का निवेश हो चुका है उन्होंने बताया कि नया रायपुर को एक बड़े आईटी हब के तौर पर विकसित किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू खरीफ मौसम में बीमा कराने की कल अंतिम तिथि है कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत ऋणी और अऋणी किसान जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत अथवा नवीनीकृत करा रहे हैं उन सभी का बीमा किया जाएगा अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण किया गया है किसानों की मांग के आधार पर उर्वरकों के वितरण की कार्रवाई की जा रही है किसी भी क्षेत्र में उर्वरकों की कमी नहीं है यदि किसी क्षेत्र में उर्वरकों की कमी होती है तो किसान क्षेत्रीय षि अधिकारी को इसकी सूचना दे सकते हैं ताकि वहां पर जरूरी उर्वरकों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके

बड़े शहरों रायपुर दुर्ग और बिलासपुर में दो दो स्पीड राडार युक्त वाहन होंगे यह जानकारी आज रायपुर में राज्य सड़क सुरक्षा अंतरविभागीय समिति की बैठक में दी गई बैठक में पुलिस ्महानिदेशक एएन उपाध्याय ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए कारगर प्रयास किए जाने चाहिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज ने बताया कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों को एक एक एल्कोहल मीटर दिए जाएंगे उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस कर्मियों को प्रदूषण से बचाव के लिए मॉस्क उपलब्ध कराया जाएगा इसके अलावा प्रदेशभर में यातायात पुलिस को आध्निक उपकरणों से लैस किया जाएगा श्री विज ने बताया कि राज्य के बड़े शहरों के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं माओवादी म्ठभेड़ नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन माओवादियों के घायल होने की खबर है मिली जानकारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रप डीआरजी और स्पेशल टॉस्क फोर्स एसटीएफ की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इसी दौरान इरपानार और गोमटेर के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए घटना के बाद सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान खून के धब्बे मिलने से दावा किया जा रहा है कि तीन से चार माओवादियों को गोली लगी है घटनास्थल से माओवादियों के बैनर पोस्टर वायर विस्फोटक सामान और दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई हैं उधर बीजापुर जिले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने गंगालूर थाना क्षेत्र के पुलसुमपारा और नैनपाल के जंगल एक वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादी के खिलाफ गंगालूर थाने में आगजनी सहित कई वारदातों में शामिल होने के मामले दर्ज हैं

प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में काम काम कर रही महिलाओं के स्व सहायता समूहों के लिए डिजिटल इंडिया मिशन काफी कारगर साबित हुआ है

किसान संघ ने आज राजनांदगांव में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में फसल बीमा पर प्रीमियम से कम राशि मिलने का अरोप लगाते हुए कहा कि पांच एकड़ की फसल बीमा पर महज पच्चीस रूपए दो पैसे दिए जा रहे हैं संघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी छह अगस्त को संवाद सभा और रेल रोको आंदोलन किया जाएगा सावन सोमवार सावन महीने का आज पहला सोमवार है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्वालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने परिवार सहित भोरमदेव मंदिर में पूजा अर्चना की संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह कल नया रायपुर स्थित डॉश्यामाप्रसाद मुखर्जी ट्रिपल आईटी में नवीन छात्रावास भवन और ई क्लास रूम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल रायपुर में देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए बहनों के हाथ से तैयार राखियों को ले जा रहे भारत रक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया